दस करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कल होगी शुरूआत

आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना किसान सम्पदा योजना मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड सहित अनेक योजनाएं किसानों के हित में शुरू की गई हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद आम आदमी के जीवन में बदलाव लाना है सरकार की नीतियां स्पष्ट और नीयत साफ है

श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में हुए विकास की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने देश में प्रगति करने वाले राज्यों में अपनी जगह बना ली है उन्होंने कहा कि इसकी मूल वजह इस राज्य में रही राजनीतिक स्थिरता के साथ ही यहां के लोगों की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और चुनी हुई सरकार के प्रति विश्वास है

सम्मेलन को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ को मिलने वाले केंद्रीय अनुदान को बत्तीस प्रतिशत से बढ़ाकर बयालीस प्रतिशत किया गया इससे राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुआ है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्दता का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में लगभग पैंतीस हजार करोड़ रूपये की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है साथ ही इस राज्य में शत प्रतिशत शौचालय बना दिए गए हैं और अब छत्तीसगढ़ खुले में शौचमुक्त राज्य बन गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सरगांव बिलासपुर फोरलेन सड़क का लोकार्पण करने के साथ ही बिलासपुर पथरापाली फोरलेन सड़क और बिलासपुर अनुपपुर तीसरी रेललाइन का शिलान्यास किया इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संचार क्रांति उज्जवला आवास योजना मुद्रा योजना सौभाग्य योजना और आबादी पट्टा सहित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण भी किया साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अटल दृष्टि पत्र को भी प्रतीकात्मक रूप से दो नागरिकों को प्रदान किया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ कल झारखंड की राजधानी रांची में करेंगे इस योजना के तहत करीब दस करोड परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा इसका लक्ष्य पचास करोड़ लोगों को इलाज के स्थान पर बिना नकद भुगतान किए हुए और बिना किसी कागजी कार्रवाई के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल राजधानी रायपुर में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य र्योजना की शुरूआत करेंगे यहां आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे

स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम अब्रुझमाड़ गारपा के जंगलों में गश्त पर निकली थी इसी दौरान जवानों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की इनमें पांच एयर गन टेलीस्कोप द्रबीन राकेट लॉन्चर वायर बैटरी प्रेशर कुकर कलर प्रिंटर सहित अन्य सामग्रियां शामिल हैं वहीं बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के रासपल्ली और ऐरापल्ली के जंगल में सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई के बाद माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए बाद में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान मौके से दो भरमार बंद्क पाइप और कुकर बम समेत दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है उधर सुकमा जिले में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने छह माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनमें एक एक लाख रूपये के दो इनामी माओवादी भी शामिल है बीजापुर आईएसओ प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित बीजापुर जिले के दो पुलिस स्टेशनों भोपालपट्टनम और मद्देड़ को देश में पहली बार आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है यह प्रमाण पत्र कानून प्रबंधन आईएसओ प्रमाणीकरण की आवश्यकताओं के अनुसार कानून व्यवस्था रोकथाम और पहचान के रखरखाव की आवश्यकता के तहत दिया गया है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि पहली बार देश में किसी भी एलडब्ल्यू ई क्षेत्र में दो पुलिस स्टेशनों को आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं ये प्रमाण पत्र तीन साल की अवधि के लिए मान्य है लेकिन इनमें हर वर्ष निगरानी लेखा परीक्षा होगी शाकम्भरी बोर्ड गठन राज्य शासन ने साग सब्जी और फल फूल उत्पादक किसानों के समग्र उत्थान तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड का गठन किया है शाकम्भरी बोर्ड के संचालक मंडल में अध्यक्ष सहित दस सदस्य होंगे कृषि या उद्यानिकी विभाग के उप संचालक इस बोर्ड के सदस्य सचिव रहेंगे बोर्ड के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष होगा बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी धान खरीदी पंजीयन प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए अब तक लगभग तैंतीस सौ नए किसानों का पंजीयन किया गया है नए किसानों का पंजीयन तहसीलदारों के माध्यम से किया जा रहा है पिछले साल प्रदेश में कुल पंद्रह लाख पचहत्तर हजार किसानों का पंजीयन किया गया था खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी एक नवंबर से शुरू होगी इसके लिए खरीदी केंद्रों में तैयारियां की जा रही हैं राज्य सरकार ने इस साल किसानों को समर्थन मूल्य के साथ ही धान पर प्रति क्विंटल तीन सौ रूपये बोनस देने का निर्णय लिया है इसके मद्देनजर पड़ोसी राज्यों से प्रदेश में धान की आवक को रोकने के लिए जांच दल का गठन किया जाएगा वहीं प्रदेश में आगामी पंद्रह अक्टूबर से अगले वर्ष तीस अप्रैल तक अन्य राज्यों से धान के आयात पर प्रतिबंध रहेगा जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायप्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा इसे छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी स्वच्छता पखवाड़ा भारतीय रेलवे के साथ साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर मंडल द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा के आठवें दिन को आज रायपुर मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों ने सामुदायिक दिवस के रूप में मनाया इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर सहित अधिकारी कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया इसी कड़ी में रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर सहित भिलाई पावर हाउस और तिल्दा स्टेशन पर भी स्वच्छता अभियान चलाया गया संक्षिप्त समाचार राजधानी रायपुर के नजदीक माना नहर में गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो बच्चे डूब गए

गोताखोरों के माध्यम से इन बच्चों की तलाश की जा रही है